उन्होंने आज जयपुर में पत्रकारों से कहा कि कांग्रेस ने पड़ौसी देशों से विस्थापित होकर भारत में शरण लेने वाले लोगों की परेशानियों को कभी नहीं समझा श्री चौहान ने कहा कि संशोधित नागरिकता कानून विस्थापितों को नागरिकता देने के लिए है किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं इसे लेकर लोगों को किसी तरह के दुष्प्रचार में नहीं आना चाहिये

तो आईये आज जानते हैं नागरिकता संशोधन कानून को लेकर फैली एक और भ्रान्ति और उसकी असलियत के बारे में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर यह भ्रम है कि इससे अन्य देशों से आने वाले लोगों के साथ भेदभाव होगा जबकि वास्तविकता यह है कि इस कानून से सिर्फ पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान के हिन्दू सिख जैन बौद्ध पारसी और ईसाईयों को लाभ होगा यदि उनके पास पासपोर्ट वीजा जैसे दस्तावेजों का अभाव है और वहां उनका धार्मिक उत्पीड़न हुआ हो तो वह भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं इससे ऐसे लोगों को जटिल प्रक्रिया से मुक्ति मिलेगी और जल्द भारत की नागरिकता मिल पाएगी अन्य देशों के नागरिकों के लिए पहले की तरह नागरिकता के लिए सामान्य नियम लागू होंगे

दो दिन पहले नागरिकता कानून को लेकर हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद यहां कर्फ्यू लगाया गया था कलेक्टर भरत यादव और पुलिस अधीक्षक अमित सिंह ने बताया कि जिन क्षेत्रों में कपर्यू लगाया गया था वहां जनजीवन सामान्य है इसलिए आज से कर्फ्यू हटा लिया गया है

जबकि शेष सीटों पर निर्दलीय और अन्य दलों के प्रतिनिधि आगे हैं फिल्म पुरस्कार उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज नई दिल्ली में छियासठवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किये उपराष्ट्रपति ने आयुष्मान खुराना को फिल्म अंधाध्वन और विक्वी कौशल को उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक फिल्म के लिए संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया जबकि गुजराती फिल्म हेल्लानरो को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कीर्ति सुरेश को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया कीर्ति सुरेश को यह पुरस्कार तेलुगू फिल्म महांती में सावित्री की भूमिका के लिए प्रदान किया गया है वहीं गीतकार स्वानंद किरकिरे को मराठी फिल्म चम्बक के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है और सामाजिक मुद्दों पर बनी अक्षय कुमार की फिल्म पैडमेन को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया है

ये आयोजन बैगा जनजाति की संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण के साथ उनके विकास के लिए किया जायेगा तीन दिन तक चलने वाले इस आयोजन में बालाघाट के अलावा मंडला डिंडोरी सिवनी अनुपप्र उमरिया शहडोल छत्तीसगढ के राजनांदगांव कवर्धा जिलों के बैगा खिलाडी शामिल होंगे इस अवसर पर शासकीय योजनाओं की जानकारी देने के लिए विभिन्न विभागों द्वारा प्रदर्शनी भी लगाई जायेगी